मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे

श्री मोदी इस कार्यक्रम क दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को छह छह हजार रूपये को राशि दो दो हजार रूपये तीन किस्तों में दी जाती है यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के जन्मदिवस के अवसर पर कल प्रदेश में एक हजार से अधिक स्थानों पर किसान गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी

यह जानकारी देते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि किसान गोष्ठी में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कोविड उपचार के लिये सभी जरूरी इन्तजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों पर विशेष सावधानी बरती जाए मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग से वायरस के नए स्वरूप के सम्बन्ध में टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिये कहा है मूख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों से आए लोगों की सूची बनाकर उनकी टेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाए

प्रदेश सरकार राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी

हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुंबई में इस प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं और बाद में दूसरे राज्यों में भी ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे यह अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों के हित सुरक्षित रहे और अगर किसी मजदूर को कोई समस्या होती है तो यह अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उसका हल तलाशने में मदद करेंगे इस संबंध में एक रिपोर्ट भी सरकार को भेजी जाएगी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी प्रवासी मजदूरों को जानकारी देंगे ताकि वह इन योजनाओं का लाभ ले सकें बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं और लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को घर लौटना पड़ा था सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की

श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रूकना पड़ेगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी संग्रह के लिये सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाये

उन्होंने कहा कि राज्य में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यापारी के लिये दस लाख रूपये के बीमे की व्यवस्था है इसके लिये कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती उन्होंने रिटर्न फाइल करने के लिये व्यापारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिये राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने कहा कि प्रभु ईसा मसीह ने असहाय और पीड़ित मानवता को प्रेम करूणा और अटूट संकल्प शक्ति का जो संदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है उन्होने कहा कि प्रभू यीशू की शिक्षाओं पर चलकर सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्रिसमस का पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशिया बांटने का संदेश देता है

गिरजाघरों में प्रभू ईसा मसीह क जन्मदिन की तैयारियां चल रही है तैयारियों को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण क्रिसमस पर्व पर इस बार गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं में शामिल होने के लिये दो सौ लोगों को ही प्रवेश दिया जायेगा महोबा जिल में आज सुबह तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो छात्रों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये

तभी पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक छात्रों को टक्कर मारते हुए निकल गया इस हादसे में दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन छात्र गंभीर रूप से घायल हुए है जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर द्ःख व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और अधिकारियों से घायलों को हर तरह की मदद मुहैया कराने को कहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कोरोना महामारी के कारण कम किए गये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम तीस प्रतिशत कम किये गये हैं

संक्षिप्त पाठयक्रम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है

अब तक साढ़े पांच लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच हुई है

इससे चार करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे